प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में आज बाल सभाएं हुई जयपुर के सांगानेर में आयोजित हुई बालसभा में मुख्य सचिव डी बी गुप्ता ने की शिरकत

पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी ने कहा कि इस मामले में पुलिस अधिकारियों द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं की गई

आयोग ने इस बात पर सवाल उठाया है कि दोषियों द्वारा इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किये जाने और पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज किये जाने के बावजूद चार दिन तक कार्रवाई नहीं की गयी आयोग ने कहा है कि यदि इस संबंध में आई मीडिया रिंपोर्ट सही है तो यह पीडित महिला और उसके पति के मानवाधिकारों का उल्लंघन है आयोग ने सरकार से पूछा है कि दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है और पीडितों को किस तरह की सहायता दी गयी है

वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग का एक दल इस मामले की जांच के लिए आज घटना स्थल का दौरा करेगा

यह दल पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात करेगा इसके अलावा यह दल पुलिस अधिकारियों से भी मिलेगा इस दौरान पुलिस इस मामले में पांच आरोपियों में से चार को गिरफ्तार कर चुकी है एक अन्य की तलाश जारी है अपराधी की तलाश में उप अधीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारियों की टीम जुटी हुई है

इसमें कृषि क्षेत्र पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी भारत चाहता है कि उसके विनिर्मित और कृषि उत्पादों के लिए चीन अपने बाजार और अधिक खोले ताकि दोनों देशों के व्यापार घाटे का अंतर कम हो सके हाल ही में भारत ने बागवानी कपड़ा रसायन और पैट्रो रसायन सहित तीन सौ अस्सी उत्पादों की सूची चीन को सौंपी है जिनके भारतीय निर्यात में वृद्धि की जबरदस्त संभावनाएं हैं

प्रचार कल शाम समाप्त हो रहा है छठे चरण में सात राज्यों के उनसठ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में रविवार को वोट डाले जाएंगे इस चरण में उत्तर प्रदेश की चौदह हरियाणा की दस पश्चिम बंगाल बिहार और मध्यप्रदेश की आठ आठ दिल्ली की सात और झारखंड की चार सीटों के लिए मतदान होगा विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में रैलियां और रोडशो कर रहे हैं

श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा देश के महान सपूत और वीर योद्धा महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर शत शत नमन उनकी जीवन गाथा साहस शौर्य स्वाभिमान और पराक्रम का प्रतीक है जिससे देशवासियों को सदा राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा मिलती रहेगी उन्होंने श्री गोखले को श्रद्वांजलि देते हुए कहा महान गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि वह अध्ययन और समाज सुधार के प्रति अपनी लगन के लिए विख्यात थे वह समाज के हाशिये पर खड़े वर्गो के सशक्तीकरण के संघर्ष के समर्थन में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खडे रहें

जयपुर के सांगानेर में आयोजित हुई बालसभा में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने शिरकत की

उन्होंने सभी विद्यार्थियों से कहा ँकि वे कोई न कोई सपना देखे और उसे पूरा करने के लिये हर तरह से प्रयास करें

बालसभाओं में शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया सवाईमाधोपुर जिले में भी बाल सभाओं का आयोजन किया गया

यहां निजी सार्वजनिक भागीदारी पर हीमोडायलिसिस लैब शुरू होने से मरीजों और उनके परिजनों को राहत मिली है अब तक यहां साढे तीन सौ रोगियों की डायलिसिस की गई है

जिला कलेक्टर हिमांश गुप्ता ने इन शिविरो को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश दिये है